ये बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ध्येय युक्त नशा मुक्त हिमाचल विषय पर आयोजित संगोष्ठी के अवसर पर शिमला में कही उन्होंने कहा कि युवाओं द्वारा नशीली दवाओं का उपयोग करना चिंतनीय है और इस बुराई पर अंकुश लगाने के लिए सरकार प्रयासरत है अनेक कानून भी हैं लेकिन बिना सामाजिक सहयोग के इस बुराई का अंत नहीं हो सकता बरागटा जनमंच कार्यक्रम के दौरान आने वाली समस्याओं का धरातल पर समाधान हुआ या नहीं ये जानने के लिए प्रदेश सरकार अब जनता से फीड बैक लेगी इसके लिए जल्द राज्य स्तर पर अभियान शुरू किया जाएगा ताकि जनमंच कार्यक्रम को सफलता की ऊंचाईयों तक पहुंचाया जा सके विधानसभा में चीफ व्हिप व जनमंच कार्यक्रम के संयोजक नरेंद्र बरागटा ने रामपुर बुशहर में आज पत्रकार वार्ता में ये बात कही उन्होंने कहा कि अब सचिवालय के साथ साथ जिला स्तर पर भी जनमंच कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जाएगी इसके अलावा जनता के सुझावों के अनुसार भी कार्य किया जाएगा अनंत कुमार केन्द्रीय संसदीय काय और रसायन व उर्वरक मंत्री एचएन अनंत कुमार का आज तड़के दो बजे बेंगलूरू में कैंसर के कारण निधन हो गया

श्री कुमार पिछले कुछ दिनों से आई सी यू में भर्ती थे वे दक्षिणी बेंगलूरू से छह बार लोकसभा सांसद रहे वे वाजपेयी सरकार में उड्डयन पर्यटन और शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं दिवंगत नेता का अंतिम संस्कार कल दिन में एक बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ बेंगलूरु में किया जाएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केन्द्रीय मंत्री अनंत कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है शोक इस बीच राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है अपने शोकोद्गार में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंनत कुमार ने पार्टी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है उनका विद्यार्थी परिषद से लेकर अब तक का लम्बा अनुभव पार्टी को मिलता रहा उनका जाना बेहद पीड़ाजनक है और पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है प्रसारण दिवस आज लोकसेवा प्रसारण दिवस है

महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद हरियाणा के कुरूक्षेत्र में अस्थाई रूप से आकर बसे विस्थापित लोगों को आकाशवाणी से संबोधित किया था

उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार की सभी योजनाओं को लाभार्थियों तक पहुंचायें

बैठक में पूर्व जनमंच में आई शिकायतों के शीघ्र निपटारे पर भी चर्चा की गई

मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में मौसम आज आमतौर पर साफ रहा हालांकि जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति में रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है खराब मौसम व हिमपात को देखते हुए ज़िला प्रशासन ने मढ़ी और कोकसर में बचाव चौकिया स्थापित कर दी है केलंग के उपमंडल अधिकारी अमर नेगी ने लोगों को बर्फबारी के दौरान रोहतांग दर्रा पार न करने की सलाह दी है इस बीच समय पूर्व बर्फबारी से स्थानीय लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इधर कुल्लू और किन्नौर ज़िले की ऊंची चोटियों पर भी हल्का हिमपात और निचले क्षेत्रों में वर्षा हो रही है जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है उधर चंबा के उपायुक्त हरिकेष मीणा ने बर्फबारी व वर्षा के चलते लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है राजधानी शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में दिनभर हल्के बादल छाए रहे और ठण्डी हवाएं चलने से तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है

दी बस्सी बहुउददेशिय सहकारी सभा बस्सी के प्रधान जगरनाथ ने बताया कि मेले का शुभरांभ पूर्व विधायक रणधीर शर्मा करेंगें जबकि समापन समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर शामिल होंगे मेले में खेल कूद प्रतियोगिताएं सांस्कृति कार्यक्रम और लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न विभागों की प्रदर्शिनियां भी लगाई जाएगी